आज संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रवानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान साझा करने को कहा इसे माई जीओवी पोर्टल पर साझा करने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से लोगों को मदद मिल सकती है प्रदेश सरकार ने नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को दो अप्रैल तक बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैंबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया इससे पहले सरकार ने सभी स्कूल कालेजों को बाईस मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया था प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को इकत्तीस मार्च तक बंद कर दिया गया है प्रदेश में समी मॉल सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स दो अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं राज्य में तहसील दिवस और जनता दर्शन भी दो अप्रैल तक नहीं आयोजित करने का फैसला किया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि निजी क्षेत्र के लोगों को घर से काम करने को कहा गया है सभी धर्मस्थलों को भी एहतियातन बंद करने को कहा गया है मंदिर मस्जिद और गुरूद्वारों में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिये धर्म गुरूओं से अपील की गई है इसके अलावा प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है सभी जिलाधिकारियों से पोस्टरों और बैनरों के जरिये जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों का अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर कोरोना मरीजों पर एंटी रैट्रो वायरल दवा के असर का आकलन कर रहा है राज्यसभा में कोरोना वायरस पर एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशभर में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाओं की सराहना की डॉ हर्षक्वन ने कहा कि विदेश से लौटने वाले हजारों यात्रियों को राज्य सरकारों की मदद से तैयार किए गए क्वेरेन्टीन सुविधा वाले केन्द्रों में भेजा जा रहा है डॉक्टर हर्षकर्धन ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में क्वेरेन्टीन शिविरों का दौरा करें और मंत्रालय को वहां स्विधाओं में सुधार के बारे में फीडबैक दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के एक सौ छब्बीस मामलों की पुष्टि की है मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के कारण महाराष्ट्र से देश में तीसरी मौत की भी पुष्टि की है इस बीच सरकार ने कोविड नाइन्टीन स्थिति को लेकर एक नया यात्रा परामर्श जारी किया है अफगानिस्तान फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वालों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है संक्रमण से बचने के लिए साबन और पानी या एल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से बार बार हाथ घोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मृंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है लोगों से इस्तेमाल किये गए टिशू को तुरंत बंद डिब्बों में फेंकने और बुखार खांसी तथा सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गयी है डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया है इस बारे में किसी मदद के लिए ईमेल आईडी एन सी ओ वी दू जीरो वन नाइन ऐट द रेट जीमेल डॉट कॉम जारी किया गया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे